और प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने बिहार सरकार को इंसेफ्लाईटिस से निपटने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे दो बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा कि केन्द्रीय विशेषज्ञों की टीम ने उन अस्पतालों का दौरा किया है जहां दिमागी बुखार के मरीजों का इलाज चल रहा है उन्होंने कहा कि इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जायेगी इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया श्री पांडे ने श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज और केजरीवाल अस्पताल का दौरा किया जहां पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा है उन्होंने डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की और बच्चों के उपचार के बारे में जानकारी ली स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों के बेहतर उपचार के लिए अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ायी गयी है

मुजफ्फरपुर से आठ और वैशाली से तीन बच्चों की मौत की खबर है जबकि एसकेएमसीएच में सैंतालीस और केजरीवाल अस्पताल में दस बच्चों की मौत हुई छियासठ मरीजों का इलाज चल रहा है जिनमें से चौदह की स्थिति गंभीर बनी हुई है इस बीच हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया है कि सदर अस्पताल में दो बच्चों की मौत हुई है आशंका जतायी जा रही है कि ये मौतें इंसेफ्लाईटिस के कारण हुई हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गये है सिर्फ इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं चालू हैं पटना एम्स पीएमसीएच सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं जिस कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पर रहा है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने डॉक्टरों से केवल प्रतीकात्मक विरोध करते हुए अपनी ड्यूटी जारी रखने का आग्रह किया है जनता दल यूनाइटेड तीन तलाक विधेयक का संसद में विरोध करेगा पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने आज पटना में कहा कि उनकी पार्टी तीन तलाक बिल का राज्यसभा में विरोध करेगी उन्होंने कहा कि इससे जदयू और भाजपा के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार वृद्धजनों को सुविधाजनक जीवन उपलब्ध कराने के प्रति गंभीरता से काम कर रही है आज पटना में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरूआत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि अब सिर्फ सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त बुजुर्ग को छोड़कर साठ साल से अधिक उम्र के सभी लोग इस योजना के दायरे में आयेंगे उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दिनों एक और कानून को स्वीकृति दी है जिसमें माता पिता की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल तक की सजा हो सकती है देश भर के आईआईटी में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली जेईई एडवांस का परिणाम जारी कर दिया गया है महाराष्ट्र के गुप्त कार्तिकेय चन्द्रेश टॉपर बने है अहमदाबाद की शबनम सहाय ने लड़कियों में पहला स्थान प्राप्त किया है पटना की आकृति ने गुवाहाटी जोन में छात्राओं में पहला रैंक हासिल किया है परीक्षा परिणाम जेईई एडीवी डॉट एसी डॉट इन पर उपलब्ध है बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर से प्रलिस छापेमारी कर छह किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है बरामद चरस की कीमत एक करोड़ रूपये से अधिक बतायी जाती है पुलिस गिरफ्तार तस्कर के सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है हिन्दी के चर्चित युवा कवि अनुज लुगुन समेत तेईस उभरते रचनाकारों को साहित्य अकादमी का युवा लेखक पुरस्कार दिया जायेगा श्री लुगुन को लम्बी कविता की पुस्तक बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए यह पुरस्कार दिया जायेगा अनुज लुगुन साउथ बिहार सेंट्रल यूनिर्वसिटी में सहायक प्राध्यापाक के पद पर कार्यरत हैं अकादमी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस वर्ष का बाल साहित्य पुरस्कार हिन्दी के गोविन्द शर्मा समेत बाईस लेखकों को दिया जायेगा विज्ञप्ति के अनुसार मैथिली के लिए युवा पुरस्कार की घोषणा बाद में होगी स्कूली छात्रों को कचरा प्रबंधन के विषय में जानकारी देने के लिए एक से सात जुलाई के बीच सभी सरकारी स्कूलों में कचरा उत्सव मनाया जायेगा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है आदेश में कहा गया है कि स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत बच्चों को साफ सफाई के साथ साथ कचरा प्रबंधन की भी जानकारियां दी जाये प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है मौसम विभाग के अनूसार अगले दो से तीन दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है अधिकतम तापमान सामान्य से पांच से सात डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है आज पटना तैंतालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा गया का अधिकतम तापमान तैंतालीस भागलपुर का इकतालीस और पूर्णियां का उनतालीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया

यह दिवस हर वर्ष चौदह जून को लोगों को रक्तदान करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया साथ ही जागरूकता रैलियों ओर संगोष्ठियों का आयोजन कर लोगों में रक्तदान को लेकर व्याप्त भ्रांतियों के विषय में जानकारियां दी गयी स्वैच्छिक रक्तदान की दिशा में लोगों को जागरुक करने वाले पटना के मुकेश हिसारिया सोशल मीडिया पर जरुरतमंद लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर मदद करते हैं आकाशवाणी से बातचीत में श्री हिसारिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर रक्तदाताओं का समूह हमेशा सक्रिय रहता है एक संदेश भर मिलने पर लोगों तक मदद पहुंचायी जाती है उनका कहना है कि यह समूह तेरह हजार से भी अधिक लोगों की मदद कर चुका है

इस दौरान अस्सी लीटर शराब और लूट की सात मोटरसाइकिल भी बरामद की गयी है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दो लोगों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया दोनों राजद नेता बताये जाते हैं बेगूसराय शहर में पिछले दिनों साढ़े बारह लाख रूपये की लूट के मामले में प्रलिस ने एक आरोपी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है इधर बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के सुरौधा पुल के पास से पुलिस ने सात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसाही चौक के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुयी मौत से आक्रोशित लोगों ने तीन वाहनों में आग लगा दी और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया इधर जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के गरही खैरा मार्ग पर एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी बक्सर नगर परिषद् के मुख्य पार्षद् और उप मुख्य पार्षद् के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है

और प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू